भारतीय वाय् सेना में आज चार चीनूक हैलीकप्टर शामिल किए गये है एयर चीफ मार्शल बी एस घनौआ ने आज चंडीगढ़ एयर फोर्स बेस र इन हैलीकप्टरों को भारतीय वाय् सेना में शामिल करने का ऐलान किया

इस अवसर र श्री धनौआ ने कहा कि यह हैलीकप्टर राष्ट्रीय सम् दा है और यह वर्टीकल लिफट और श्र्वतीय क्षेत्रों में हैवी लिफटिंग करने का सामर्थ्य रखते है श्री बी एस धनौआ ने कहा कि विभिन्न प्रकार के भू भाग र वर्टीकल लिफट की योग्यता वाले हैलीक टरों की आवश्यकता थी क्योकि भारत कई तरह की स्रक्षा चुनौतियों का सामना करता है उन्होंने कहा कि चीनूक भारत की विशेष जरूरतों के अन्सार तैयार किए गये है और ये रात को भी मिल्ट्री आप्रेशन कर सकते है श्री घनौआ ने कहा कि आसाम के दिनजेन के लिए हैवी लिफट हैलीकप्टर की एक और खे तैयार की जायेगी उन्होंने कहा कि चीन्क को वाय् सेना में शामिल करना एक बड़ा रिवर्तन लाने वाली बात है जैसे लड़ाकू विमानों के बेड़े में राफेल शामिल होने से आयेगा उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को दंडनीय अ राध बनाने वाले अध्यादेश की संवैधानिक वैद्यता को च्नौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है भारत के म्ख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल आधारित एक संगठन की याचिका रद्द करते हये कहा कि अदालत इस सम्बध में हस्ताक्षे नहीं करेगी

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दी क ग्प्ता की पीठ ने इंगित किया है कि अदालत मतदाताओं की संत्ष्टि के लिये वी वी ौट की संख्या बढ़ाये जाने के ाक्ष में है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज ग्रूग्राम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया को बताया कि रिवर्तन यात्रा ग्रूग्राम के सरल टोल से श्रू हो कर तमाम जिलों से ग्रेगी उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की बैठक मे इस यात्रा की रू रेखा और दिग्गज नेताओं के सम्बोधन व अन्य तमाम हल्ओं र चर्चा की गई है यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकाल मे किये गये कार्यो बारे लोगों को बताया जायेगा हरियाणा में दस लोकसभा सीटों र उममीदवारों को बारे उन्होंने कहा कि आलाकमान ने अभी तय नहीं किये है हरियाणा समिति इस र मंथन कर रही है और शीघ्र ही नामों की सूची केन्द्रीय समिति को भेजी जायेगी उनके च्नाव लड़ने के प्रश्न प्र श्री तंवर ने कहा कि शार्टीचाहेगी तो वो च्नाव लड़ेगे हरियाणा की गायिका साना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने र श्री तंवर ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है

खरीद के लिये सरसों में आठ प्रतिशत से कम नमी का मा दंड तय किया गया है अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हैफेड के जिला प्रबंधक वी पी मलिक के हवाले से बताया कि अम्बाला व ांचकुला जिलों के किसानों को सरसो हैफेड द्वारा शाहजाद ़्र एंव रायप्र रानी मंडी में जायेगी

उधर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश प्रधान मास्टर शमशेर सिंह व जिला प्रधान ओम प्रकाश सैनी के नेतृत्व में भिवानी के उधाय्क्त से मिलकर सरसों की खरीद गेहं की भांति आढ़तियों से करवाने की मांग की है

्लिस प्रवक्ता के अन्सार डोडा ोस्त की यह खे एक ग्प्त सूचना के आधार र बरामद की गई और इसे एक ट्रक के लहस्न के कट्टों में छि ाकर लाया जा रहा था प्रवक्ता ने बताया कि कड़े गये अरोपियों की हचान ट्रक के मालिक व चालक शशि ाल व जीतेन्द्र सिंह के रू में हई है वे बरामदगी गांव काशी का वास के निकट निरीक्षण दौरान की गई फरीदाबाद जिले में भारतीय जनता शार्टी के आईटी प्रकोष्ठ ने शुलिस को शिकायत दी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रण्जीत स्रजेवाला के कहने र कांग्रेस के आईटी प्रकोष्ठ ने कलराज मिश्र के वीडियो से छेड़छाड़ की है भाज ा के आईटी प्रकोष्ठ दवारा लगाये गये आरो में कहा गया है कि कल प्रथला मे हुई सभा में हरियाणा लोकसभा प्रभारी व पूर्व केन्द्रीय कलराज मिश्र ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया था और उनकी वीडियो से छेड़छाड़ करके गोली मारने की बात को वीडियो से जला गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्लिस कमिश्नर संजय क्मार ने शिकायत साईबर प्रकोष्ठ को सौंध दी है

फायर बिग्रेड अधिकारी के अन्सार दो दमकल गांडियों की सहायता से आग काबू ाया गया अम्बाला में आज करीब साढ़े ग्यारह बजे एक ध्माके की आवाज़ स्नाई दी धमाके से घरों और कारों की शीधे हिलने लगे व ार्किंग में खडी कई कारों में एमरजैसी सायरन भी बजने शुरू हो गये अम्बाला से हमारे संवाददाता सब्रभाल ने धमाके की आवाज़ की प्ष्टि करते हये कहा क अम्बाला के एस श्री मोहित हांडा ने ऐसे किसी धमाके की जानकारी से इन्कार किया है

हरियाणा में आज स्बह से हल्की बारिश हो रही है

कृषि विशेषज्ञ डा आर के जांगडा क्री मई माह तक अगर बरसात व तूफान आते है तो फसलों का न्कसान कर सकते है हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों मे मौसम श्ष्क रहेगा